मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहना है मास्क पहनना निश्चित दूरी का पालन और बार बार हाथ धोने को आदत बनाना होगा उन्होंने कहा कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस की पालना कर हम कोरोना चेन को तोड़ सकते हैं

डॉ शर्मा ने बताया कि कोरोना जांच सुविधा बाइस सरकारी तथा सोलह निजी लैब में उपलब्ध है

इस बीच कोविड महामारी के मद्देनजर झालावाड़ जिले के झालरापाटन में चन्द्रभागा पशु मेला स्थगित कर दिया गया है

इस समय पांच लाख बीस हजार सक्रिय मरीज हैं

ब्रंदी में सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से संचालित जागरुकता वाहन ने बस स्टेण्ड पर यात्रियों को मास्क वितरित किए साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता संदेश दिया भरतपुर में नो मास्क नो एन्ट्री अभियान के तहत बच्चों की स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू पार्क में किया गया झालावाड़ में आज जिला कलेक्टर निकया गोहाएन के नेतृत्व में सर्वधर्म गुरूओं ने बाजार में मास्क वितरित किए

परीक्षाओं के लिये कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं इस बीच राजस्थान पुलिस ने सोशल मिडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कॉस्टेबल भर्ती परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में परीक्षा देगा तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा अथवा हिरासत में लिया जाएगा

राज्य सरकार की ओर से लगातार आंदोलनकारियों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि सरकार ने गुर्जर समाज की मानने योग्य सभी मांगों को मान लिया है उन्होंने कहा कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और संघर्ष समिति आंदोलन की राह छोड़ वार्ता के लिए आगे आएं श्री चांदना ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हें करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज करौली हिण्डौन सड़क मार्ग पर रोडवेज की बसें शुरू कर दी गई हैं इसके अलावा गंगापुर सड़क मार्ग पर भी बसें चलाई जा रही हैं हालांकि आंदोलन के कारण अभी भी बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग बाधित हैं

कल नाम वापस लिये जा सकेंगे

इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

इस चुनाव के लिए सोमवार तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे

नेफेड ने एक बयान में कहा कि इससे घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्यता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी इसके अलावा नेफेड ने आयाति प्याज की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए नियमित निविदा जारी करने की योजना बनाई है

जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जागरुकता रथ शुरू किये गये हैं

कार्यशाला झालरापाटन और भवानीमंडी ब्लॉक की साथिनों ने भाग लिया

भीलवाड़ा में भी ठण्ड का असर शुरू हो गया है